पांचवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां ज़ोरो पर हरियाणा का राज्य स्तरीय समारोह रोहतक में होगा रीज़नल आऊटरीच ब्यूरो ने चंडीगढ़ में योग पर प्रदर्शनी लगाई

प्रधानमंत्री और सदन के नेता श्री नरेन्द्र मोदी दवारा श्री बिरला के अध्यक्ष चने जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस जनता दल यूनाईटेड डी एम के शिवसेना बीजू जनता दल और त्रिनमूल कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने समर्थन किया कार्यवाहक अध्यक्ष डा वीरेन्द्र कुमार के श्री बिरला को अध्यक्ष घोषित किये जाने के बाद प्रधामनमंत्री और अन्य राजनीतिक दलों के नेता नये च्ने गये अध्यक्ष को उनकी कुर्सी तक लेकर गये इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ओम बिड़ला को बधाई देते हये कहा कि उनका जीवन जन सेवा को समर्पित रहा है और उन्होनें भारतीय जनता पार्टी के लिये लंबे समय तक काम किया है बाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह चलाने में पुरे सहयोग का भरोसा दिलाया और उम्मीद जताई कि अध्यक्ष सदन को निष्पक्ष होकर चलायेंगे द्रदर्शन को अब बंगला देश में भी देखा जा सकेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि भारत बांगलादेश के साथ इस बारे समझौता किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसके बदले मे बांगलादेश का सरकारी चैनल भारत मे द्रदर्शन की मुफ्त डिश पर उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि भारत ने दक्षिणी कोरिया के साथ भी वहां डी डी इंडिया के प्रसारण के लिये समझौता किया है जिसके तहत भारत मे दक्षिणी कोरिया का केबीएस चैन्ल दिखाया जायेगा उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ आपसी तालमेल महत्वपूर्ण है और इन फैसलो से आपसी सम्बध मजबूत होंगे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने यम्नानगर पानीपत करनाल और हिसार के मेयरों को नगर निगम क्षेत्र के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिये अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये है

मंत्री ने उन्हें बरसात क मौसम में जलभराव से बचने का पृख्ता प्रबंध करने आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और मुलभुत विकास कार्यो की निगरानी करने के निर्देश भी दिये चारों नगरों के मेयर ने श्रीमती जैन ने एक मांगपत्र भी सौंपा श्रीमती जैन ने मुख्यमंत्री ने चर्चा करके उनकी समस्याओं की समाधान का आश्वासन भी दिया

खेतों मे फसल नहीं हो रही और न ही त्ड़ी के प्रबंध हो पा रहा है धरना प्रदर्शन में किसान परिवारों की महिलायें व बच्चे भी शामिल है किसान नेता विकल्प आचार ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हई तो ये जल सत्याग्रह अनिश्चित काल के लिये लागू रहेगा

आय्ष मंत्री ने कहा कि इस संबंध केन्द्रीय आय्ष मंत्रालय द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त हआ है उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के आयूर्वेदिक चिकित्सों को उनके गृह प्रदेश में ही स्नातकोतर करने का अवसर मिलेगा जिससे राज्य में स्नातकोतर आय्र्वेदिक चिकित्सकों की कमी भी द्र होगी इससे आय्र्वेद को बढ़ावा मिलेगा और श्रीकृष्णा आय्र्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल में उचित आधारभूत संरचना शैक्षणिक तथा चिकित्सकीय स्विधाएं बढेगी

डॉ क्मार ने बताया कि इन सीटों पर दाखिला भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के निर्देशान्सार किया जाएगा

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रवक्ता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सरकारी स्तर पर सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में मनाया जाएगा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवर पाल यमुनानगर के जगाधरी तथा उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष यादव अटेली में और शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा महेंद्रगढ़ के आयोजित समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे सरकारी के अन्सार इस मौके पर सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विदयार्थी भी हिस्सा लेंगे इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी महाविदयालयों के प्रधानाचार्यों विश्वविदयालयों के एन एस एस कार्यक्रम समन्वयकों एवं जिला एनएसएस समन्वयकों को निर्देश दिए है कि वे अपने अपने संस्थानों के विद्यार्थियों की इस योग समारोह में भागीदारी सु्निश्चित करें

इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उदघाटन करते हये हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव आरोड़ा ने कहा कि योग योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है और इस प्रदर्शनी के जरिये न केवल लोगों को योग क्रियाओं की जानकारी मिलेगी बल्कि योग को बढ़ावा मिलेगा

इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त महानिदेशक देवप्रीत सिंह ने बताया कि इससे पहले रीज़नल आउटरीच ब्यूरो ने लोगों को योग के प्रति प्रेरित करने के लिये चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा में भी कार्यक्रम करवाये है

हरियाणा में योग दिवस की तैयारियों के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आज आय्ष विभाग द्वारा पंचकूला के यवनिका पार्क मे मेराथल का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों व नागरिकों ने भाग लिया उपायुक्त डा बलबीर सिंह ने इस मेराथन को रवाना किया जो विभिन्न क्षेत्रों से होती हई सेक्टर पांच में संपनन हई कल विभिन्न जिलों में रिइर्सल कार्यक्रम होंगे फतेहाबाद की पायलट रिहर्सल अनाज मंडी में और यम्नानगर की पालयल रिहर्सल तेजली खेल परिसर मे स्बह सात से आठ बते तक होगी

हरियाणा सरकार ने रिवाड़ी जिले में धारूहेड़ा के नाम से नया खंड बनाने को मंजूरी दे दी है अब रिवाड़ी जिले में क्ल सात खंड होंगे नये खंड धारूहेड़ा में बावन ग्राम पंचायतें शामिल की जायेगी

प्लिस के अन्सार दोनो आरोपी सगे भाई है जब उन्हें गिर फ्तार किया तो वे बाईक पर गांव माजरा की हेरोइन देने जा रहे थे दोनों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है प्रांरभिक पूछताछ से पता चला है कि अरोपी नशे की आदी है और पंजाब के कई इलाकों में भी नशे की तस्करी करते है

तीनों ल्धियाना निवासी हे और प्लिस के अन्सार गत रात्रि उन्हे तब गिरफ्तार किया गया जब वे एक कार में मध्य प्रदेश से प्रा पोस्त लेकर आ रहे थे ये प्रा पोस्त दो कट्टो में रखी गई थी

प्रज्ञान नाम वाले रोवर को विक्रम नाम के लेंडर साथ रखा गया है इनकी बैंगलूर मे इसरो की प्रयोगशाला से सोमवार को रवाना किया था इससे पहले आरबिटर को सतीश ध्वन अंतरिक्ष केन्द्र से शानिवार को लाया गया था